आज इस संबंध में हुई बैठक में म्ख्यमंत्री ने कहा कि रूड़की के बाद देहरादून और उधमसिंह नगर में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाये जायेंगे उन्होंने निर्देश दिये कि पॉलिसी के हिसाब से ऊर्जा विभाग की सहमति लेकर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाय

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्रक्रिया जल्द श्रू करने के निर्देश दिये कोविड अपडेट प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हए सरकार ने कोरोना टेस्ट बढ़ा दिये हैं स्वास्थ्य महानिदेशक अमीता उप्रेती का कहना है कि टेस्टिंग और सैंपलिंग बढ़ा दी गई है उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी जल्दी संक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी

अयोध्या भूमि पूजन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहंचेंगे और राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री सबसे पहले हन्मान गढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे जिसके बाद वह भगवान श्री राम लाला का राम जन्म भूमि में दर्शन करेंगे इसके बाद भूमि प्रजन और अन्य कार्यक्रम होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्यादा प्रूषोतम राम के मन्दिर निर्माण को लेकर कई यूदध लड़े गये सैकड़ों लोगों ने इसके लिये बलिदान दिया अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और केन्द्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में भगवान राम के मन्दिर की प्नर्प्रतिष्ठा होगी मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस अवसर पर अपने घरों में दिये जलायें जेएंडके लददाख विकास केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अन्य राज्यों के समक्ष यह उदाहरण प्रस्त्त किया है कि इरादा हो तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सम्पन्न किया जा सकता है देश में शत प्रतिशत घरों तक बिजली पहंचाने के सपने को साकार करने के लिए सौभाग्य स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में आश्चर्यजनक प्रगति हई है

दुर्गम औगोलिक इलाकों बर्फ से ढके क्षेत्रों दूर द्रर बसे घरों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अधिक निकटता और कामकाज के सीमित समय के बावजूद ये उपलब्धि हासिल हुई है उधर लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है लोगों का सर्दियों में देश के अन्य हिस्सों से सम्पर्क टूट जाता है इस समस्या के समाधान के लिए सरकार अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है प्रधानमंत्री के अन्सार लद्दाख भारत में एक कार्बन म्क्त केंद्र शासित प्रदेश होगा सोबन सिंह जीना जयंती कुमाऊं में जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक और तत्कालीन उतर प्रदेश सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री रहे सोबन सिंह जीना की जयंती आज अल्मोड़ा में मनाई गई इस मौके पर जिले में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धास्मन अर्पित किये

राज्यपाल ने नरेन्द्र नगर में निर्मित जन स्वास्थ्य केन्द्र भवन का ऑनलाइन लोकार्पण के अवसर पर यह बात कही राज्यपाल ने कहा कि इस जन स्वास्थ्य केन्द्र के खुलने से स्थानीय लोगों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को समय पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के साथ साथ अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के उपचार पर भी ध्यान देना आवश्यक है

केन्द्रीय वित राज्य मंत्री अन्राग ठाक्र ने सतपाल महाराज को आश्वासन दिया कि वो इसके लिए गंभीरता से प्रयास करने के साथ साथ परियोजना के विस्तार पर संस्त्ति करते हुए विश्व बैंक को वित्त पोषण के लिए प्रेषित करेंगे

पर्वतीय जिलों में कई सड़कें बाधित हैं जिन्हें खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है कई नदियां भी उफान पर है पिथौरागढ़ आपदा अपडेट पिथौरागढ़ जिले के म्नस्यारी धारचूला और बंगापानी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यो के साथ ही प्नर्निर्माण के कार्य किये जा रहे हैं जिलाधिकारी ने क्षेत्र में जनजीवन को सामान्य बनाने और आपदा प्रभावितों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिये हैं क्षेत्र में आयी आपदा से विकासखंड धारचूला और मूनस्यारी के विभिन्न सड़क मार्ग भी बंद हो गये है क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन और निर्मित सड़क मार्ग भी कई जगह वॉशआउट हो गए हैं इन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है

इससे पांच हजार से अधिक ग्रामीण प्रभावित हो गए हैं उधर पिथौरागढ़ जिले के नामिक गांव के लोगों का बाजार तक का रास्ता प्रभावित हआ है जिला आपदा अधिकारी शिखा सुयाल ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और खोलने का काम शुरू कर दिया गया है